आपसी सहमति से राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाये गये कई मामले यूरिया की किल्लत को लेकर भाजपा ने किया प्रदेशभर में प्रदर्शन कांग्रेस ने दिल्ली में केन्द्र के खिलाफ की रैली पहाड़ो पर हो रही बर्फबारी और कई जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड हमारी विशेष श्रंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में आज सुनिए बापू के बैतूल प्रवास के संस्मरण

उज्जैन में आज केंद्र सरकार के कठोर और साहसिक फैसले विषय पर आयोजित तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारम्भ करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार के फैसलों को सभी ओर से सराहना मिल रही है इस प्रदर्शनी का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउट रीच ब्यूरो भोपाल द्वारा शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है इसके पहले स्वागत भाषण देते हुए पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है

प्रदर्शनी स्थल से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जन जागरूकता के लिए एनसीसी की ओर से रैली भी निकाली गई

इनमें राजस्व और बिजली बिल सहित अन्य विवादों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया जा रहा है

देवास धार खंडवा बड़वानी उमरिया सतना आगरमालवा कटनी सिवनी ग्वालियर भिंड मुरैना शहडोल धार रतलाम रायसेन गुना निवाड़ी और टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए राजीनामा योग्य मामलों को आपसी सहमति से निपटाया गया भाजपा प्रदर्शन राज्य में किसानों को हो रही यूरिया की किल्लत को लेकर आज भाजपा ने प्रदेशभर में मंडल स्तर पर प्रदर्षन किया पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया यूरिया राज्य सरकार के क्रप्रबंधन के कारण किसानों को नहीं मिल पा रहा है

बड़वानी छतरपुर शिवपुरी गुना और टीकमगढ़ जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया आंदोलन की कालाबाजारी और राज्य सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया भोपाल के पास भेंसाखेड़ी मंडी में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में धरना दिया गया भिंड मुरैना उमरिया नीमच आगरमालवा शहडोल दतिया में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूरिया की किल्लत किसानों की ऋण माफी और अतिवृष्टि का मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए धरना दिया कांग्रेस प्रदर्शन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनडीए सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है नई दिल्लीं में आज एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विमुद्रीकरण पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि किसी भी कालेधन का पर्दाफाश नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों के पैसे बैंक में सुरक्षित नहीं है रैली को संबोधित करते हुए राइल गांधी ने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पामद कम हो रहा है और रोजगार दर सबसे निचले स्तोर पर पहुंच गई है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

श्री नायडु ने ग्रामीण भारत में व्यवसाय के नये स्रोत पैदा करने के लिए टैक्नोलॉजी और उद्यमिता की भूमिका पर बल दिया

सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पिछले रविवार को हुई केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्रश्नपत्र लीक होने की ख़बरों का खंडन किया है अख़बार की ख़बरों में बताया गया था कि ये प्रश्नपत्र कानपुर से लीक किए गए थे सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले पर्चे लीक होने की खबर भ्रामक और आधारहीन है एचआईवी जागरूकता मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कटनी जिले में एचआईवी एड्स को लेकर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है कल देवगांव में लोकदल कलाकारों के द्वारा एचआईवी एड्स विषय पर लोक नाट्य जियो और जीने दो का प्रदर्शन किया गया जिससे एचआईवी एड्स के बारे में जानकारी दी गई लोक कला के माध्यम से कलाकारों ने बताया कि एचआईवी एड्स क्या है ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है मौसम पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और दो दिन पहले कई जिलों में हई बारिश से प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में बारिश के बाद सुबह के वक्त आज भी घना कोहरा छाया रहा ग्वालियर में ध्रंध के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार सौंधी सतना रीवा खजुराहो राजगढ़ उज्जैन शाजापुर और रतलाम सहित अनेक स्थानों पर सुबह कोहरे की हल्की धुंध र्से धूप देर से निकली जिसके चलते ठंड का अच्छा खासा प्रभाव देखा गया

जिसमें आयोग के सदस्यों द्वारा लोगों को बाल विवाह ना करने और उसमें ना शामिल होने की शपथ दिलाई